मुख्यमंत्री कल कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये परियोजना राज्य में अधिक उत्पादक कार्य बल का निर्माण करेगी जो बाज़ार की मांग तकनीक और व्यवसायिक कौशल से सुसज्जित होगा दिशा निर्देश राज्य सरकार ने अनलॉक चरण दो के तहत प्रदेश की सीमाएं सशर्त खोलने की मंजूरी दे दी है

राज्य सरकार ने प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने की स्वीकृति भी दे दी है लेकिन इसके लिए भाषा व संस्कृति विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा जबकि राज्य में पर्यटन इकाईयों को शीघ्र कियाशील करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे नए दिशा निर्देशों के अनसुार अंतराज्याीय बसों की आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा

पासपोर्ट सत्यापन के निष्पादन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कल शिमला में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की अध्यक्ष में एक बैठक हुई

पुलिस महानिदेशक पासपोर्ट सत्यापन की प्रगति की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा करेंगे कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मृत्यु हो गई है

इसके साथ ही राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या नौ हो गई है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए जारी दिशा निर्देशों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हर किसी के लिए खुले हिमाचल के द्वार बिना ई पास होगी एंट्री पर्यटकों के लिए लगाई शर्तें

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में अब बिना पास भी एंट्री केंद्र की सख्ती के बाद हिमाचल सरकार ने खत्म की कोविड पास व्यवस्था दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल सरकार ने ई कोविड पास की अनिवार्यता खत्म की अब रजिस्ट्रेशन से मिलेगी एंट्री हिमाचल दस्तक का कहना है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खोल दिया हिमाचल